कहा केन्द्र हर सम्भव मदद को तैयार प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति में कोई सुधार नहीं

दी जायेगी हर सम्भव सहायता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से टेलीफोन पर बात कर राज्य के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि केन्द्र बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार के साथ काम कर रहा है और वह सभी संभव सहायता देता रहेगा प्रदेश के बाढ़ प्रभावित तेरह जिलों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है दरभंगा सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में स्थिति अभी भी गम्भीर बनी हुई है पूर्वी चम्पारण जिले के सुगौली प्रखंड में रिंग बांध टूट जाने से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी गंडक बूढ़ी गंडक कमला बलान और अधवारा समूह की नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं हालांकि पिछले अड़तालीस घंटों से नेपाल और उत्तर बिहार में बारिश नहीं होने से इन नदियों के जलस्तर में बढ़ोत्तरी की प्रवृति नहीं देखी जा रही है इधर दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर अभी भी ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो सका है स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कल से एक जोड़ी सवारी गाड़ी का परिचालन समस्तीपुर से हायाघाट और दरभंगा से थलवाड़ा के बीच शुरू किया गया है ट्रेन को नियंत्रित गति से चलाया जा रहा है समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम अशोक महेश्वरी ने बताया कि पुल संख्या सोलह पर अभी भी पानी का दबाव बना हुआ है जिस कारण ट्रेनों का परिचालन सम्भव नहीं है उन्होंने बताया की स्थिति पर अभियंता और विभागीय अधिकारी लगातार नजर बनाये हुये हैं प्रदेश की प्रमुख नदियों बागमती कमला कोसी गंडक बूढ़ी गंडक और घाघरा की सेटेलाईट से निगरानी की जायेगी जल संसाधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बार की बाढ़ में बागमती बेसिन की नदियों की बदली हुई प्रकृति को देखते हुये सेटेलाईट से निगरानी कराने का फैसला किया गया है वहीं इन नदियों के ग्यारह नये स्थानों पर गेज बनाया गया है और यहां से भी नदियों के जलस्तर की हरेक दिन निगरानी की जायेगी मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ के दौरान उनतालीस करोड़ रूपये से अधिक मुल्य की फसल नष्ट हो गयी है जिला कृषि पदाधिकारी ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर इसे आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप दिया है रिपोर्ट में कहा गया है कि जिले में पांच हजार नौ सौ अठारह हेक्टेयर में लगे धान के बिचड़े नष्ट हो गये वहीं तिलहन की तैंतीस प्रतिशत फसल बर्बाद हो गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में उद्योग लगाने वाले लोगों की हरसंभव मदद करने के लिये तैयार है श्री कुमार ने पटना में आयोजित उद्यमी पंचायत की बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि राज्य में जो भी लोग उद्योग लगाने के लिए आगे आयेंगे उन्हें सम्मानित किया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापार बढ़ा है लेकिन उस हिसाब से उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी है श्री कुमार ने व्यापारियों से उद्योग के क्षेत्र में निवेश की अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेश बढ़ाने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन के लिए तैयार है श्री कुमार ने कहा कि दो हजार सोलह में बनी इस नीति की मध्यावधि समीक्षा से यह पता चला है कि अभी तक प्रदेश में सिर्फ चौदह हजार आठ सौ पचपन करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं मुख्यमंत्री ने इस स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुये सबों से मिलकर काम करने की अपील की सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सरकार को व्यापारियों से चावल खरीदने का निर्देश दिया गया था प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार ओर से दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर यह आदेश सुनाया है मामले के अनुसार बीएसएफसी और एफसीआई द्वारा व्यापारियों से चार साल पुराने हो चुके चावल की खरीद करने से इंकार कर दिया गया था इसके बाद व्यापारियों द्वारा पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी मामले में व्यापारियों के पक्ष में फैसला आया था फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गयी थी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में व्यापारियों को नोटिस भी जारी किया है राज्य सरकार ग्राम पंचायत और गांव स्तर पर हर महीने जल चौपाल का आयोजन करेगी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने पटना में विभाग की एक कार्यशाला में यह घोषणा की उन्होंने कहा कि चौपाल के माध्यम से जल संरक्षण और पेयजल की बर्बादी रोकने के प्रति लोगों को जागरूक किया जायेगा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि एक से पन्द्रह अगस्त तक चलने वाले वन महोत्सव के दौरान विभाग मिशन मोड में पचास लाख पौधे लगायेगा उन्होंने बताया कि पिछले साल महोत्सव के दौरान विभाग की ओर से बयालीस लाख पचास हजार पौधे लगाये गये थे कृषि विभाग प्रदेश के सभी जिलों के एक एक गांव को मॉडल गांव में रूप में विकसित करेगा इन गांवों में विभाग की सभी योजनाएं लागू की जायेंगे कृषि विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एग्रो विलेज योजना को अंतिम रूप दियाजा रहा है राज्य सरकार ने प्रदेश से बालू के उत्तर प्रदेश भेजे जाने पर रोक लगा दी है खनन और भू तत्व विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर ने बताया कि मॉनसून में बालू के खनन पर लगी रोक को देखते हुये यह फैसला किया गया है वैशाली जिले में नगर थाना क्षेत्र के अंजानपीर चौक स्थित एक ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनी के कार्यालय से अपराधियों ने देर रात चौदह लाख रुपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि छह से सात की संख्या में आये अपराधियों ने सभी कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया इधर गया जिले के रामपूर थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी के आवास के पास अपराधियों ने एक बर्तन कारोबारी से दो लाख दस हजार रुपये लूट लिये वहीं दूसरी तरफ खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप मालिक से तेरह लाख रुपये से अधिक की लूट के मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है सीबीआई की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने सुजन घोटाला मामले में एक राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक प्रवीण कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है पटना के पीएमसीएच में एक कैदी की इलाज के दौरान हुई मौत से आक्रोशित कैदियों ने बाढ़ जेल में अनशन शुरू कर दिया है मृतक के परिजनों ने जेल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया है लोकसभा चुनाव के दौरान बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के पक्ष में प्रचार करने आयी छात्र नेता शेहला राशिद पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने उन्नीस लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है किशनगंज जिले के ठाक्रगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत बस स्टेंड के पास एसएसबी और पुलिस की टीम ने चौरानवे हजार रूपये मूल्य के जाली नोट के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री द्वारा बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव सहायता देने के आश्वासन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण की सुर्खी है अब खराब प्रदर्शन करने वाले रेल कर्मचारियों की होगी छटनी दैनिक भास्कर लिखता है उद्यमी पंचायत में सीएम ने दिया भरोसा सुविधा के साथ सम्मान भी देंगे प्रभात खबर की सूर्खी है दो वर्षो में भ्रष्टाचार के दर्ज एक सौ पैंसठ मामलों में एक सौ सत्तर आरोपित अठारह हुये बर्खास्त सिर्फ नौ हो सके दोषमुक्त राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है आजम खान ने मांगी दो बार माफी नहीं पिघली रमा देवी आज की सुर्खी है कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने साबित किया बहुमत बिहार के नये राज्यपाल फागु चौहान के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबरों को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है

कहा केन्द्र हर सम्भव मदद को तैयार प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति में कोई सुधार नहीं

दी जायेगी हर सम्भव सहायता